प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में जनप्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता समाप्त महापौर सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष को भी जनता चुनेगी किसान कर्जमाफी का प्रारुप निर्धारित करने और संविदाकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जायेंगी समितियां प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों का निःशल्क दवा वितरण केन्द्र पर उपलब्ध दवाइयां ही मरीजों को लिखनी होगी

कई शहर शीतलहर की चपेट में राज्य मंत्रिमंडल ने आज वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी सहित कई अन्य अहम फैसले किये राज्य सरकार की पहली केबिनेट बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और केबिनेट मंत्रियों ने भाग लिया

पंचायतों और नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता समाप्त कर दी गई है महापौर सभापति और नगरपालिका अध्यक्षों का चुनाव भी अब सीधे जनता द्वारा किया जायेगा

प्रदेश में सभी विभागों में लगे संविदाकर्मियों की समस्याओं के लिए समिति के गठन का भी फैसला लिया गया

मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता होगा इसके लिए मुख्य सचिव को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये गय हैं बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि सरकार पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लिए तत्परता से काम करेगी

उनकी सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए कई कदम उठाए हैं वे आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे उन्होंने गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी

इस सम्बन्ध में गठित दो सदस्यीय समिति ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है

आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि ऐसी योजना के दायरे में छोटे और सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसानों को भी लाना होगा श्री कुमार ने कहा कि व्यापक बुनियादी आय योजना के लिए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कई सब्सिडी योजनाए पहले से ही लागू हैं सब्सिडी और ऐसी योजना एक साथ नहीं चल सकतीं उन्होंने कहा कि राजकोषीय क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ समित शर्मा ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को भेज गये निर्देश में कहा गया है कि चिकित्सालयों के औषधी भण्डार में तीन महीने की दवाइयों का स्टॉक रखा जाये और मरीजों को वही दवाइयां लिखी जायें जो औषधी भण्डार में उपलब्ध हैं इससे अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की शिकायत पर रोक लग सकेगी

किसानों को उनकी मांग के अनुरुप पर्याप्त मात्रा में यूरिया की आपूर्ति की जा रही है वे आज बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

हमारे ड्रंगरपुर संवाददाता ने बताया कि चालीस लाख रुपये की लागत से बनी इस सेंच्यूरी से प्रवासी पक्षियों को संरक्षण मिलेगा

राजधानी जयपुर और जोधपुर के पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है जैसलमेर में रेतीले धोरों का आनन्द लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आये हैं धार्मिक नगरी पुष्कर में भी श्रद्वालुओं की आवक बढ़ने से मेले से माहौल नजर आ रहा है उदयपुर में पर्यटकों का आना जारी है और काफी तादाद में शहर के होटल पहले से ही बुक हो गये हैं

यहां देशभर से आये कलाकार रोजाना अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दे रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि शिल्पग्राम के हाट बाजार में खरीदारी के लिए भी लोगों में काफी उत्साह है

यहां आज से तीन दिवसीय शरद महोत्सव की शुरुआत हो रही है

बर्फीली हवाओं ने गलन भरी सर्दी का कहर बढ़ा दिया है चूरु माउंट आबू और भीलवाड़ा में पारा जमाव बिन्दु से नीचे पहुंच गया वहीं चित्तौड़गढ़ सीकर पिलानीं वनस्थली सहित दस से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान आज तीन डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया

हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि खेतों में पाला पड़ने से किसानों को फसलों के नुकसान का अंदेशा है

पाला पड़ने से नैनवा तहसील में धनिये की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है झालावाड़ जिले के झालरा पाटन के गोविन्दपुरा गांव में शीतलहर से एक व्यक्ति की मौत हो गई

पाली में एक वाहन की टक्कर से सड़क पर काम कर रहे पांच मजदूर घायल हो गये जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है